मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योग लगाओ आय बढाओ थीम पर किसानों के साथ किया संवाद

रफाल लड़ाकू विमान को कल भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से किया जाएगा शामिल अंबाला वायुसेना हवाई अड्डे पर होगा समारोह

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से देशभर के रेहड़ी पटरी वालों को सहायता मिल रही है श्री मोदी ने कहा कि ये योजना गली गली में जाकर सामान बेचने वाले लोगों को आसानी से ऋण मुहैया कराने का जुरिया बन रही है

प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों से लेनदेन डिजिटल माध्यम से करने का आग्रह किया

राज्य में इस योजना से रेहडी पटरी वालों को काफी फायदा भिला है

इसके जरिए आंधप्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक कृषि उत्पादों की दूलाई की जाएगी कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी और आंध प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने वीडियो लिंक के जरिए इस रेलगाड़ी को रवाना किया

श्री तोमर ने कहा कि सरकार बागबानी को प्रोत्साहन देने के लिए शीघ किसान उड़ान कार्यक्रम शुरू करेगी

श्री गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उद्योग लगाओ आय बढाओ थीम पर कृषकों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया

श्री गहलोत ने किसानों से खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां लगाने के लिए सरकारी अनुदान का लाभ उठाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि कृषि प्रसंस्करण नीति से किसानों को गांवों में ही अपनी जमीन पर उद्यम लगाने की सुविधा मिलेगी इससे युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में किसानों की मदद के लिए प्रकोष्ठ बनाए जाऐं श्री गहलोत ने कोरोना के संक्रमण को रोकने को लिए किसानों से बचाव के उपाय अपनाने सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की

जिसमें चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के स्वस्थ्य की जांच कर उन्हें पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गई बुदी में एएन एम और आशा सहयोगिनियों ने स्वास्थ्य केन्दों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिग का ध्यान रखते हुए गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया और आवश्यक जांच की साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की भी जांच ैकी गई झालावाड़ जिले में भी गर्भवती महिलाओं को विभिन्न सेवाएं दी गई

सवाईमाघोपूर और बांसवाड़ा में भी योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच की गई

इसके लिए अंबाला के वायुसेना हवाई अड्डे पर समारोह आयोजित किया जाएगा समारोह में फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद रहेगी

हर साल इन शहीदों की याद में गडरारोड के शहीद स्मारक पर शहीद मेले का आयोजन होता है लेकिन इस साल कोरोन संक्रमण के कारण मेले का आयोजन नहीं किया गया रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीदों को श्रृद्वासुमन अर्पित किये

इस मौके पर जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम सम्पन्न हआ चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघू शर्मा ने करगिल लड़ाई में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दी है उन्होंने कहाँ कि कैप्टन बत्रा ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया और इसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया

हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसा मोहनगढ क्षेत्र में हआ

इसी सिलसिले में आज शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये पुरस्कार पाने वालों में झुंझुनू जिले के पिलानी की शिक्षक अनीता मिश्रा भी शामिल हैं

वहीं झालावाड़ कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा आज कृषक महिलाओं के लिए पोषण वाटिका के महत्व पर एक दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया